पांच जनवरी को पूरे प्रदेश में डाई रन किया जायेगा मकर संक्रांति के करीब प्रदेश में टीकाकरण की शुरूआत हो जायेगी मुख्यमंत्री आज गोरखपूर के कलेक्ट्रेट परिसर में बहमजिला अधिवक्ता भवन का शिलान्यास करने के बाद आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम कोरोना को परास्त करने के काफी करीब हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि दो माह पूर्व कोरोना के प्रदेश में अडसट हजार से अधिक सक्रिय मामले थे जो आज की तारीख में तेरह हजार पर आ गये हैं प्रदेश में कोरोना से रिकवरी की दर सबसे बेहतर सत्तानबे प्रतिशत है और मृत्यू दर एक प्रतिशत के आसपास है शीघ्र ही हम इस महामारी पर जीत हासिल कर लेंगे इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी मण्डलीय विमागीय कार्यालयों को एक भवन में लाने का निर्णय लिया है गोरखपुर वाराणसी से इसकी शुरूआत की जा रही है इससे दूर दराज से आये लोगों को अपने कार्य के लिये भटकना नही पड़ेगा भवन में ही कैंटीन की ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दूर दराज से आये लोगों को सस्ते में भोजन उपलब्ध हो जायेगा उन्होंने कहा कि मण्डलीय कार्यालयों की तरह ही जिला स्तर के कार्यालयों को भी एकीकृत भवन में लाया जायेगा देश में कोविड का टीका मृफ्त मिलेगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि प्रे देश में कोविड का टीका सभी को निशल्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण पूर्वाम्यास का जायजा लेने के लिए दिर्ल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे डॉक्टर हर्षकर्धन ने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रमाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गमराह ना हो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशानिर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहत सफल रहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण प्रवाभ्यास चार राज्यों में किए गए पूर्वाम्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस अम्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाये जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब दो हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है समी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार किया गया है

इसे कोविड नाइन्टीन के कारण पिछले वर्ष तेरह मार्च से जनता के लिए बंद कर दिया गया था सोमवार और सरकारी छट्टियों को छोडकर ये संग्रहालय प्रतिदिन खलेगा दर्शक इसे देखने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं पंजीकरण के लिए पहले की तरह पचास रुपए का शुल्क लिया जाएगा संग्रहालय जाकर तत्काल बुकिंग कराने की सुविधा फिलहाल बंद है सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करते हुए पहले से बुकिंग करने के चार स्लॉट तय किए गए हैं ये स्लॉट हैं सुबह साढ़े नौ बजे से सुबह ग्यारह बजे तक सुबह साढ़े ग्यारह बजे से दोपहर एक बजे तक दोपहर डेढ़ बजे से शाम तीन बजे तक और शाम साढ़े तीन बजे से शाम पांच बजे तक प्रत्येक स्लॉट में अधिकतम पच्चीस दर्शकों की सीमा तय की गई है संग्रहालय जाने के दौरान मास्क पहनने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने जैसे कोविड मानकों का पालन करना होगा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के टोल प्लाजा पर पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से भूगतान की अनिवार्यता पन्द्रह फरवरी तक बढ़ा दी है इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल राशि नकद लेने की व्यवस्था कल पहली जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी उत्तरी भारत सहित प्रदेश इस समय शीतलहर की चपेट में हैं तापमान के सामान्य से कई डिग्री नीचे चले जाने से लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुई है कई स्थानों पर कोहरे के कारण कम दृश्यता के चलते सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान तीन और आठ डिग्री सेल्सियस के बोच रहा वहीं अधिकतम तापमान बीस डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया मौसम विमाग ने सुवह और शाम कई स्थानों पर घने से अधिक घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है वहीं प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से के क्छ स्थानों पर कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर की संभावना जताई है